प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में कारोबार सुगमता एक बड़ी चुनौती कार्यक्रम का शुभारंभ किया उन्होंने कारोबार सुगमता का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में वृद्वि और विकास के लिए अधिक निवेश की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि सरकार ने देश को पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय किया है

अब हमारा प्रयास भारत को जल्द से जल्द फाइव ट्रिलियन डॉलर के क्लब में पहुंचाने का है

उन्होंने कहा कि कारोबार सुगमता के मामले में भारत एक सौ बयालिसवें स्थान से बढ़कर सतहत्तरवें स्थान पर आ गया है श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार देश का काया कल्प करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिल कर काम कर रही है